राज्य में मंत्रिमण्डल के गठन को लेकर कयास शुरू

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है मध्यप्रदेश में कल मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही कमलनाथ ने और फिर देर रात छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की गौरतलब है कि चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था इससे पहले कल मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल हुए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने विधानसभा चुनाव जीतकर आने वाले कद्दावर नेताओं को शामिल करने की भी एक चुनौती हैं इसके अलावा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी कई समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल गठन की संभावना है मंत्रिमंडल विस्तार के समय के बारे में अभी अधिकृत घोषणा नहीं की गई है मृख्यमंत्री ने बताया है कि पार्टी आलाकमान से बातचीत कर मंत्रिमंडल का गठन होगा राज्य निर्वाचन विभाग ने अलवर भीलवाड़ा चूरू दौसा धौलपुरकोटा नागौर पाली और सीकर जिले की जिला परिषद और पंचायत समितियो में सदस्यों के खाली पदों के लिए उप चुनावों की तारीख घोषित कर दी है

किसान नेता राम पाल जाट आम आदमी पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष होंगे कल जयपुर में आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की श्री सिंह ने बताया कि पार्टी ने देवेन्द्र शास्त्री को प्रदेश सचिव बनाया है

गौरतलब है कि श्री जाट ने विधानसभा चुनाव में टोंक से आप पार्टी प्रत्याशी के रुप में चुनाव लड़ा था लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई केन्द्र की आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सूची में विस्तार को मंजूरी दे दी है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि समिति ने सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क एल पी जी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी है संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित हुई राज्यसभा में कल कावेरी और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई सदन की कार्यवाही शुरू होने पर दोनों पार्टियों के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी करने लगे उधर लोकसभा में कांग्रेस और अन्नाद्रमुक सदस्यों ने भी भारी हंगामा किया जिसके कारण अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी

विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है इस विधेयक में तीन तलाक देने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है इसके लिए सरकार पहले ही अध्यादेश ला चुकी है

गौरतलब है कि पिछले काफी समय से आरएएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मु कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए चुरू जिले के भीचरी निवासी सिपाही किशन सिंह द्वारा दी गई शहादत पर संवेदना व्यक्त की है श्री गहलोत ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि शहीद किशन सिंह ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश और देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर स्टेशन को इस साल का राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है ऊर्जा विभाग ने ऊर्जा संरक्षण में किए गए उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया है अजमेर स्टेशन पर ऊर्जा खपत को कम करने के लिए विभिन्न संरक्षण उपायों को अपनाया गया जिनमें पारंपरिक फिटिंग को पूरी तरह से ऊर्जा कुशल एलईडी लाईट और एलईडी बल्ब में बदल दिया गया मंडल रेल प्रबंधक राजेश कुमार कश्यप ने पूरस्कार का श्रेय मंडल के विद्यत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के श्रेष्ठ प्रयासों को दिया केंद्रीय अध्ययन दल ने कल बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर और जालोर जिलों के विभिन्न गांवों का दौरा कर सुखे की स्थिति का जायजा लिया इस दौरान ग्रामीणों ने चारे और पानी की दिक्कत की समस्या के साथ रोजगार की समस्या से भी अवगत कराया

बीकानेर में जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग के निदेशक पुनीत कुमार मित्तल के नेतृत्व में दल ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की

अंतर मंत्रालायिक केन्द्रीय दल ने जिला कलेक्टर के साथ नोखा के बेरासर और मोरखाणा का दौरा किया और अटल सेवा केन्द्र में ग्रामीणों से बात की प्रदेश में कई जगह किसानों को फसलों के लिए यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है झालावाड़ जिले में पुलिस नियंत्रण में खाद का वितरण किया जा रहा है उधर ब्रंदी जिले के नैनवां में किसानों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया क्षेत्र के किसान खाद नहीं मिलने पर विरोध जता रहे हैं अलवर में डेढ़ लाख रूपए की रिश्वत के मामले में पौने दो साल से फरार चल रहे पूर्व मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पंकज गुप्ता ने कल अदालत में समर्पण कर दिया जहां से उसे एसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए एक दिन की हिरासत में लिया है ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र मीणा ने बताया कि रिश्वत के मामले में डॉ गुप्ता पिछले काफी समय से फरार चल रहे थे

शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर और तेज ठंड के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है विभिन्न क्षेत्रों में किसान ठंड से फसलों को बचाने में जुटे हुए हैं मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार है